श्री नायड् ने आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि आज के छात्र भले ही सर्च इंजन गूगल में तत्काल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं लेकिन गूगल गुरू का स्थान नहीं ले सकता है

राजस्थान से दो शिक्षकों इमरान खान तथा डॉ सुमन जाखड़ को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि पहले शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्यों से सिफारिशें आती थी लेकिन इस बार चयन प्रकिया बदल दी गई है और उसे पारदर्शी बना दिया गया है अब सिफारिशों के आधार पर नहीं बल्कि काम के आधार पर पुरस्कार दिये जायेंगे

प्रदेश में भी शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह आयोजित किए गए

क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केंद्र सरकार की योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी के उददेष्य से आयोजित कार्याषाला का उदघाटन करते हुए जिला कलेक्टर नरेष कुमार शर्मा ने कहा कि मीडिया द्वारा सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में जन जन तक पहंचाना चाहिए

न्यायमूर्ति जी आर मूलचंदानी ने अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा और सवाई सिंह द्वारा गौरव यात्रा के दौरान सरकारी धन केद्रूपयोगऔर कार्यकमों की आड़ में सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाने तथा सरकारी कर्मचारियों को लगाने पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग और जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था

विभिन्न जिलों में प्रशासन ने शांति समितियों की बैठक लेकर सभी से शांति बनाए रखने को कहा है विशिष्ट पुलिस महानिदेशक एन आर के रेड्डी ने आकाशवाणी को बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है उन्होंने सभी संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की